वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि यस बैंक के सभी खाताधारकों का पैसा सुरक्षित सरकार और आरबीआई साथ काम कर रही है कोरोना वायरस को लेकर राज्य भर में चलाये जा रहे जागरूकता कार्यक्रम केन्द्र सरकार ने अपने सभी मंत्रालयों और विभागों में इक्कतीस तारीख तक बायोमिट्रिक हाजिरी दर्ज करने में दी छूट सिमडेगा में आज माओवादी सबजोनल कमांडर विनोद पंडित और एरिया कमांडर गणेश लोहरा ने आत्मसमर्पण किया झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के छठे दिन भी आज भाजपा विधायकों के शोर शराबे के कारण सभा की कार्यवाही बाधित रही हालांकि इस दौरान सत्तापक्ष के कई सदस्यों के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर भी सरकार की ओर से सदन में दिया गया वहीं भोजनावकाश के बाद भाजपा सदस्यों के वॉकआउट के बावजूद सदन में कृषि विभाग की अनुदान मांग पर सत्तापक्ष के अलावा भाकपा माले विधायक विनोद कमार सिंह समेत अन्य सदस्यों ने अपनी बातें रखीं चर्चा के बाद विनोद कमार सिंह ने अपने कटौती प्रस्ताव को वापस ले लिया और कृषि पश्पालन एवं सहकारिता विभाग की तीस दषमलव चार सात अरब रुपये की अनुदान मांग को ध्वनि मत से स्वीकृति प्रदान कर दी गयी कषि मंत्री बादल ने घोषणा की है कि तीन महीने के अंदर राज्य सरकार नई कृषि नीति बनाने में कामयाब होगी उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कृषि निर्यात नीति भी बनाएंगी और किसानों की समस्याओं के निदान के लिए निरंतर प्रयासरत है झारखण्ड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो षिबू सोरेन महागठबंधन की ओर से झारखण्ड में राज्यसभा की एक सीट के लिए ग्यारह मार्च को अपना नामांकन पर्चा भरेंगे लेकिन दूसरे सीट के लिए यूपीए में अभी तक निर्णय नहीं हुआ है झारखण्ड में राज्यसभा चुनाव की दो सीटों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया ष्रू कर दी गई है उम्मीदवार तेरह मार्च तक नामांकन के पर्चे दाखिल कर सकेंगे सोलह मार्च को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और अठारह मार्च तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे छब्बीस मार्च को झारखण्ड विधानसभा परिसर में सुबह नौ बजे से मतदान कराया जाएगा और षाम पांच बजे तक मतगणना के परिणामों की घोषणा की जा सकती है

वित्त मंत्री ने हर खाताधारक को भरोसा दिलाया कि उनका पैसा सुरक्षित है और वे लगातार आरबीआई के संपर्क में हैं उन्होंने कहा कि सरकार बैंक के लिए जल्द ही रिजोल्युशन प्लान लेकर आएगी सीतारमण ने कहा कि पिछले दो महीनों से वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति को देख रही हैं

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार और पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष माओवादी संबजोनल कमांडर विनोद पंडित और एरिया कमांडर गणेश लोहरा ने आत्मसमर्पण किया

सिविल सर्जन ने बताया कि खूंटी में कोरोना को लेकर डरने जैसी कोई बात नहीं है

वहीं कोडरमा पहुंचे बाबा रामदेव ने कहा है कि कुछ सावधानियां बरतने से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है

गृहमंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है

आज मुम्बई में उद्योग जगत के एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत पर इसका असर सीमित रहेगा क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था वैश्विक मूल्य श्रृंखला से अधिक नहीं जुड़ी है

आकाशवाणी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनका मंत्रालय महिलाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है श्री मुंडा के साथ यह पूरा साक्षात्कार आज रात सवा नौ बजे से एफ एम गोल्ड चैनल पर स्पॉट लाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है

बोकारो की बेटी पूजा कुमारी ने पिछले दिनों एक भारत श्रेठ भारत के तहत भोपाल में आयोजित इन्टर स्टेट स्क्वायर मार्सल आर्ट प्रतियोगिता में झारखण्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए अंठावन किलो वर्ग में गोल्ड जीता है पूजा ने दावा किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर में होने वाली प्रतियोगिता में भी वह गोल्ड जीतकर झारखंड का नाम रोशन करेगी

ग्रामीण आजीविका मिशन की जिला प्रबंधक रीता सिंह ने बताया कि जामताड़ा जिले में छह हजार सखी मंडल का गठन किया जा चुका है

विधानसभा परिसर में होली मिलन का आयोजन किया गया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत मंत्री और विधायकों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी

संक्षिप्त खबरें

लातेहार में कृषि विभाग की ओर से आज जिला स्तरीय कृषि मेला का आयोजन बहुददेषीये भवन में किया गया